यह दिन भारत के विकास में विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के योगदान के लिए हर वर्ष मनाया जाता है

गोरखपुर अयोध्या कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज दिन भर बादल छाए रहने से मैसम सर्द बना हुआ है प्रदेश में पिछले तीन दिनों के दौरान हुई वरा के कारण ठंड बढ़ने सेलोगे को सामना करना पढ़ रहा है